कल से शुरू हुआ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी है गढ़वाल और क्माऊं मंडल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है चारधाम सहित औली हर्षिल धनौल्टी नागटिब्बा चकराता नैनीताल समेत तमाम पर्यटन स्थलों में बर्फबारी हई इससे जनजीवन तो प्रभावित रहा लेकिन पर्यटकों और व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हालांकि लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा भारी बर्फबारी से चंपावत जिले में देवीध्रा लोहाघाट स्टेट हाईवे बंद हो गया जिससे वहां सैकड़ों वाहन फंसे रहे चमोली जिले में भी गोपेश्वर चोपता मोटरमार्ग बंद रहा वहीं पौड़ी जिले में छह मोटरमार्ग अवरुद्व हैं जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है हालांकि लगातार बर्फबारी के चलते मार्ग खोलने के काम में परेशानी हो रही है वहीं राजधानी देहरादून समेत अधिकांश क्षेत्रों में आज दिनभर रुक रुक कर बारिश होती रही जिससे जनजीवन प्रभावित रहा कड़ाके की ठंड के कारण पर्वतीय जिलों में अधिकांश लोग घरों में ही रहे ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा भी लिया आज अधिकांश जिलों में कक्षा एक से बारहवीं तक स्कूलों में अवकाश रहा कृछ जिलों में कल भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है प्रदेश में बर्फबारी व शीतलहर के अलर्ट के मद्देनजर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आयुक्त एवं जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर तैयारियों की जानकारी ली और समस्त जनपदवासियों और पर्यटकों को इस दौरान बेहद सर्तक रहने तथा ठंड से एहतियात बरतने के निर्देश दिए बारिश और बर्फबारी फसलों के लिए मुफीद मानी जा रही है मौसम विभाग के मुताबिक कल भी कुछ जिलों के ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हो सकती है जबकि मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड रहेगी

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है विधेयक राज्यसभा में बुधवार को और लोकसभा में सोमवार को पारित किया गया था

यह संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों और इनरलाइन परमिट व्यवस्था के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा सरकार ने कहा है कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है यह कानून किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं बरतता है और न ही किसी का अधिकार छीनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों को आश्वासन दिया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने से उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है श्री मोदी ने असम के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों अद्वितीय पहचान और समृद्ध संस्कृति को कोई छीन नहीं सकता

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई

इनमें मुख्य हैं नागरिकता संशोधन विधेयक किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक और ई सिगरेट निषेघ विधेयक

हालांकि सदन का कामकाज पूरा करने के लिए सदस्य निर्धारित समय से भी ज्यादा देर तक बैठे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द् मोदी गृहमंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्यं मंत्रियों तथा सांसदों ने संसद परिसर में शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की संसद के दोनों सदनों ने आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की शहीदों के सर्वोच्चन बलिदान की स्मृति में संसद भवन परिसर में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया

सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया था इस हमले में दिल्ली पुलिस के पांच कर्मी सीआरपीएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी और एक माली तथा एक कर्मचारी भी मारा गया था हमले में एक पत्रकार घायल हुआ था जिसकी बाद में मौत हो गई थी दुन हाट स्थानीय उत्पादों हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए देहरादून में दून हाट का शुभारम्भ हो गया है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि दून हाट की स्थापना से राज्य की परंपरागत विधा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी साथ ही दून हाट प्रदेश में संस्कृति ग्राम की परिकल्पना को साकार करने में मददगार होगा उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता एक ही स्थान पर हो सकेगी और शिल्पियों को भी पहचान मिलेगी

वहीं प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने हेतु दून हाट का वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जा रहा है इसके माध्यम से देश विदेश के पर्यटक राज्य के स्थानीय उत्पादों के साथ साथ अन्य प्रान्तों द्वारा विकसित किये गये उत्पादों कला और विशिष्टताओं से परिचित हो सकेंगे

इस एक्सपो में बीस हजार किसानों और उद्यमियों को नवीनतम तकनीक से अवगत कराने का लक्ष्य रखा गया है

यह हमारे देश के लिए बड़ी सम्भावनाओं के साथ एक बड़ी चुनौती भी है कि कैसे युवाओं को आधुनिक कौशल के साथ प्रशिक्षित किया जाय जिससे कि युवाओं को दूसरों को नौकरी देने के लायक बनाया जा सके विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्र में कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं में प्रशिक्षण के माध्यम से हुनर विकसित किया जाए जिससें वे न केवल रोजगार प्राप्त कर सकें बल्कि वे उद्यमी बनकर अन्य लोगों को भी रोजगार देने में मदद कर सकें मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि ऑल वेदर रोड परियोजना देश की राष्ट्रीय और सामरिक महत्व की परियोजना है जिसको देखते हुए यदि कोई समस्या का समाधान जिला स्तर पर नहीं हो पा रहा हो तो उसका ठोस प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जाए मुख्य सचिव ने ऑल वेदर रोड योजना की प्रगति पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की मुख्य सचिव ने कहा कि ऑल वेदर रोड में कार्यरत कार्यदायी संस्थायें उच्चतम न्यायालय की ओर से पर्यावरण नुकसान कम करने के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करें भुकंप चमोली चमोली में आज शाम भूकंप के झटके महसूस किये गए

भूकंप से किसी भी प्रकार के नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं है क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून में असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर सीएनआरटी तथा एडिटोरियलरिपोर्टिंग हेतु असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल एडिटररिपोर्टर के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है इच्छुक अभ्यर्थी आकाशवाणी देहरादून केंद्र हरिद्वार बाइपास रोड निकट रिस्पना पुल से कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं